सहकारी संसथाओं को देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए आधारभूत संरचना सुजित करने के लिए सहायता देने हेतु आज केन्द्र ने आयुष्मान सहकार योजना श्रू की हरियाणा के सोनीपत जिले के बरोदा हलके के उपच्नाव में निर्दलीय उम्मीदवार डॉ कपूर सिंह नरवाल सहित तीन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापिस लिये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा गत छ वर्षो में आधारभूत संरचना में वृद्धि और ांचागत सुधारों की बदौलत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्ता आई है आज मैंसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वर्च्अल माध्यम से सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किये गये ग्णात्मक और परिमाणात्मक स्धार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केन्द्र बनायेंगे और हमारे य्वाओं के लिए प्रतिस्पर्धा के अवसर पैदा करेंगे उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने शैक्षणिक संस्थानों को अपनी आवश्यकतान्सार फैसले लेने के लिए गैर स्वायता दी है इससे चिकित्सीय शिक्षा में पारदर्शिता में सुधार हआ है सरकार ने इस उददेश्य के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि शिक्षा और भारतीय चिकित्सा के लिए दो नये कानून लाये जा रहे है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आय्ष्मान सहकार सहकार योजना की शुरू की है इस योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए आधारभूत संरचना सुजित करने के लिए सहायता दी जायेगी

उन्होंने कहा कि चल रही महामारी ने और सुविधाओं की जरूरत पर ध्यान केद्रिंत किया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की यह योजना केन्द्र सरकार दवारा किसान कल्याण गतिविधियों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा कि देश में सहकारी संथ्साओं द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए एनसीडीसी कोष अहम भूमिका निभायेंगा हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा है कि ग्रू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविदयालय हिसार ने बहत कम समय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है श्री आर्य आज विश्वविदयालय की रजत जंयती समारोह के अवसर पर वीडरून कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ से विश्वविदयालय क प्रोफेसर अध्यापन और विदयार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे

श्री आर्य ने कहा कि इस विश्वविदयालय का नाम महान पर्यावरणबिदध गुरू जम्भेश्वर जी के नाम पर रखा गया है आज से विश्वविद्यायल पर्यावरण के साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी देश और प्रदेश के छात्रों को ग्णवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है

हथीन के विधायक प्रवीण डागर ने आज हरियाणा बीज विकास निगम दवारा गांव मंडकोला में खोले गये सरकारी बीज बिक्री केंद्र का उदघाटन किया

कोरोना उचित व्यवहार आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है सोनीपत जिले के बरोदा हलके के उप चूनाव में आज नामांकन वापसी के दिन तीन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापिस लिए हैं इनमें दो निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं एक कवरिंग प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन वापिस लिया है हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी के अन्सार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डा कपूर सिंह नरवाल और जोगेंद्र सिंह मोर ने भी अपना नामांकन वापिस ले लिया है साथ ही लोस्पा प्रत्याशी के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने भी अपना नामांकन वापिस लिया है

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की छंटनी के दौरान सात नामांकन रदद किये गये थे जिनमें तीन नामांकन ऐसे थे जो दो दो बार भरे गए थे जबकि शेष नामांकन त्र्टियों के चलते रद्द किए गए

आज पंचकूला और फरीदाबाद में एक एक कोविड मरीज की मृत्यु हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि फतेहाबाद के गांव झलनिया के पास पुलिस ने मोटर साइकिल सवाल नशा तस्कर को गिरफ्तार कर एक किलो दस ग्राम अफीम बरामद की गई है प्लिस के अनुसार पकड़े गये आरोपी की पहचान भूना निवासी विक्रम भांभू के रूप में हई है आरोपी पर इससे पहले भी हत्या का प्रयास मारपीट और नशा तस्करी के कई मामले दर्ज है फतेहाबाद के प्लिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता ने बताया कि आरोपी विक्रम भांभू एक महीना पहले ही हिसार जेल से जमानत पर बारह आया है

इसी तरह एक अन्य मामले में फतेहाबद पुलिस ने नशा तस्कर के मामले में संलिप्त दो तस्कों की सम्पति जब्ज की है दोनों तस्कर रंजीत सिंह और बलजीत फतेहाबाद कें गांव के रहने वाले है दोनों के खिलाफ नशा तस्करी के कई मामले दर्ज है

पकड़े गये आरोपियों की पहचानप राजस्थान निवासी शंकर लाल गोपाल व नेतराम के रूप में हुई है

हरियाणा के खेल एवं य्वा मामले राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित कंचनजंगा स्टेडियम की तर्ज पर कम बजट के बेहतर स्टेडियमों का निर्माण करवाया जाएगा वे आज पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान सिलीगुड़ी में कंचनजंगा स्टेडियम का अवलोकन कर रहे थे खेल मंत्री ने कहा कि कंचनजंगा स्टेडियम का रखरखाव बेहद बणिया तरीके से किया गया है इसी तरीके को हरियाणा सरकार अपनायेंगी उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के दौरे के समय खेल स्टेडियमों व स्विधाओं से संबंधित जूटाई गई सारी जानकारी को वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखकर प्रदेश के खिलाडिय़ों के भविष्य को संवारने के लिए इन योजनाओं को पूरा करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे